बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 साउंड बाईट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हाल के कृषि सुधारों ने किसानों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान लंबे समय से इनकी मांग कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने बहुत विचार विमर्श के बाद कृषि सुधारों को कानूनी रूप दिया है साउंड बाईट बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं बरसों से किसानों की जो माँग थी जिन मांगो को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था वो मांगे पूरी हुई हैं काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरुप दिया इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बन्धन समाप्त हुये हैं बल्कि उन्हें नये अधिकार भी मिले हैं नये अवसर भी मिले हैं इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रम और अफवाहों से बचने में सही जानकारी हर व्यक्ति के लिए बड़ा सम्बल होती है उन्होंने राजस्थान के बारां जिले में रहने वाले मोहम्मद असलम की सराहना की साउंड बाईट किसानों में जागरूकता बढ़ाने का ऐसा ही एक काम कर रहे हैं राजस्थान के बारां जिले में रहने वाले मोहम्मद असलम जी ये एक किसान उत्पादक संघ के सीईओ भी हैं

प्रधानमंत्री ने युवाओं से अनुरोध किया कि वे अपने आसपास के गांवों का दौरा करके किसानों को खेती में नवाचारों और हाल के कृषि सुधारों के बारे में जागरूक करें श्री मोदी ने कहा कि देश ने अब लॉकडाउन चरण से बाहर निकलने के बाद कोविड उन्नीस के टीके पर चर्चा शुरू कर दी है हालांकि उन्होंने आगाह किया कि कोरोना के बारे में कोई भी लापरवाही बहुत घातक होगी श्री मोदी ने सभी को कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए कहा श्री मोदी ने कहा कि देश के कई संग्रहालय और पुस्तकालय अपने संग्रह को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय ने इस संबंध में कुछ सराहनीय प्रयास किए हैं और वह लगभग दस आभासी दीर्घाओं को शुरू करने पर काम कर रहा है लोग अब अपने घरों में ही बैठकर इस संग्रहालय की दीर्घाओं का भ्रमण कर सकेंगे साउंड बाईट क्राइसिस में कल्चर बड़े काम आता है इससे निपटने में अहम भूमिका निभाता है टेक्नोलोजी के माध्यम से भी कल्चर एक इमोशनल रिचार्ज की तरह काम करता है घर बैठे दिल्ली के नेशनल म्यूजियम गैलरीज का टूर कर पाएंगे जहां एक ओर सांस्कृतिक धरोहरों को टेक्नोलोजी के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना अहम् है वहीँ इन धरोहरों के संरक्षण के लिए टेक्नोलोजी का उपयोग भी महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि देवी अन्नपूर्णा की एक बहुत पुरानी प्रतिमा कनाडा से भारत वापस आ रही है इस मूर्ति को वाराणसी के एक मंदिर से सौ साल पहले उन्नीस सौ तेरह के आसपास चुराकर देश के बाहर भेज दिया गया था श्री मोदी ने इसे संभव बनाने के लिए कनाडा सरकार और अन्य सभी लोगों का आभार व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र कल गुरु नानक देव का पांच सौ इकावनवां प्रकाश पर्व मनाएगा उन्होंने कहा कि गूरु नानक के उपदेश वैंकूवर से वेलिंगटन और सिंगापुर से दक्षिण अफ्रीका तक गूंजते हैं साउंड बाईट गुरुग्रन्थ साहिब में कहा गया है सेवक को सेवा बन आई यानी सेवक का काम सेवा करना है बीते कुछ वर्षो में कई अहम पड़ाव आये और एक सेवक के तौर पर हमें बहत कुछ करने का अवसर मिला गुरु साहिब ने हमसे सेवा ली

ये गुरु नानक देव जी ही थे जिन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की थी और आज हमने देखा कि दुनिया भर में सिख समुदाय ने किस प्रकार कोरोना के इस समय में लोगों को खाना खिलाने की अपनी परंपरा को जारी रखा है मानवता की सेवा की ये परंपरा हम सभी के लिए निरंतर प्रेरणा का काम करती है छह दिसंबर को बाबा साहेब अंबेडकर की पूण्यतिथि पर प्रधानमंत्री ने सभी से देश के लिए संकल्प लेने और एक व्यक्ति के रूप में संविधान द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने का आग्रह किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल देश के सबसे लंबे एम्स दीघा एलिवेटेड पथ का लोकार्पण करेंगे एक हजार दो सौ नब्बे करोड़ की लागत से निर्मित एलिवेटेड पथ पर आवागमन शुरू हो जाने से राजधानी पटना सहित उत्तर बिहार के लोगों की यात्रा सुगम होगी पथ निर्माण मंत्री मंगल पाण्डेय ने बताया कि बारह दशमलव दो सात किलोमीटर लंबे इस पथ का निर्माण अपने आप में काफी च्रनौतीपूर्ण था श्री पाण्डेय ने बताया कि यह पथ व्यावसायिक दृष्टिकोण से काफी लाभप्रद होगा और राजधानी पटना के लोगों को जाम से भी मुक्ति मिलेगी प्रधानमंत्री कार्यालय ने राजधानी पटना के गर्दनीबाग के एक स्कूल की शिक्षिका से छेड़खानी मामले में मूख्य सचिव से जवाब मांगा है शिक्षिका ने उन्नीस अगस्त को वार्ड पार्षद के पति अविनाश कुमार पर छेड़खानी की प्राथमिकी दर्ज करायी है इसके अलावा पांच अन्य आरोपितों पर केस दर्ज है इसके बाद भी आरोपितों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है वहीं शिक्षिका को लगातार धमकी दी जा रही है इसको लेकर शिक्षिका ने पीएमओ को पत्र लिखा था राज्य सरकार ने कोविड उन्नीस का प्रसार रोकने के लिए जारी दिशा निर्देशों में आवश्यक संशोधन किया है वैवाहिक कार्यक्रमों में अब अधिकतम एक सौ पचास व्यक्ति शामिल हो सकते हैं पहले एक सौ लोगों को सम्मिलित होने की अनुमति थी वहीं शादी व्याह में बैंड बाजों पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया यह आदेश तीन दिसम्बर तक प्रभावी होगा प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर संतानवे प्रतिशत से अधिक हो गई है सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है वर्तमान में प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या पांच हजार छह सौ अडतालीस है अब तक कुल दो लाख अहाईस हजार दो सौ इकयावन मरीज सवस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों में कोविड उन्नीस के छह सौ छह नये मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पटना में सबसे अधिक दो सौ चौंतीस मामलों की पुष्टि हुई है वहीं भागलपुर में इकतीस पूर्णिया में सत्ताईस मुजफ्फरपुर में बाईस गया में इक्कीस और बेगूसराय में बीस मामले सामने आये हैं वहीं अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की प्रष्टि हुई है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने बताया है कि प्रदेश में रोजाना एक लाख से अधिक कोरोना परीक्षण किये जा रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर तन्मय तालुकदार ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में आग्रह किया है कि धूम्रपान से भी कोविड उन्नीस के फैलने का खतरा है उन्होंने लोगों से सुरक्षित रहने और ध्रम्पान के विरूद्ध जनमत तैयार करने का आग्रह किया है साउंड बाईट स्मोक करने वाले के अंदर अगर कोरोना के वायरस हैं तो अगर वो बात करते हैं या ध्रआं छोड़ते हैं या स्मोकर्स में कफ ज्यादा होता है वो खांसते भी ज्यादा हैं आमतौर पर ऐसे मरीज भी नहीं उन्हें तो खुद भी नहीं पता होगा कि वो कोरोना के वायरस कैरी कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति जो वातावरण में कीटाणु छोड़ेंगे और उनके साथ अगर कोई नॉन स्मोकर भी खड़ा है तम्बाकू का सेवन नहीं करता धूम्रपान नहीं करता उनको भी खतरा बढ़ जाता है इसलिए टाइम दू से नो दू स्मोकिंग आपके आसपास भी कोई स्मोक कर रहा है तो हम आवाज उठाएं और बोलें जी नहीं आप बीड़ी या सिगरेट बंद करें प्रदेश में चक्रवाती हवा का प्रभाव खत्म हो गया है राजधानी पटना सहित राज्य के कई क्षेत्रों में तेज धूप निकलने से दिन के तापमान में व्रद्धि हुई है हालांकि न्यूनतम तापमान में कमी आई है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया है कि प्रदेश में अगले चार दिनों तक मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा

केंद्रीय मंत्री आज पटना के गांधी मैदान में संविधान और एनसीसी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे इस अवसर पर मेजर जेनरल एम इन्द्रबालन ने बिहार और झारखंड के कैडेटों की ओर से की गई सामाजिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी गोपालगंज के राजापुर बाजार में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस ने दो नामजद आरोपियों कुख्यात गुड्ड राय और राजू राय को गिरफ्तार कर लिया है कुचायकोट के जदयू विधायक अमरेन्द्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय के करीबी सपहा गांव निवासी ठेकेदार देवेंद पांडेय और बीडीसी सदस्य पप्पू पांडेय की शनिवार को हत्या कर दी गई थी इस हत्याकांड में मृतक देवेन्द्र पांडेय के पुत्र ने गोपालपुर थाना में कुख्यात गुड्ड राय पप्पू राय जेपी यादव राजू राय सहित छह लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है पुलिस इस मामले में फिलहाल अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के भूआवलपुर गांव में पूलिस ने छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है पुलिस अधीक्षक दिलनवाज अहमद ने बताया कि छापेमारी में फैक्ट्री संचालक सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है छापेमारी स्थल से पुलिस ने एक बंद्रक दो देसी पिस्तौल छह गोली बाईक और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किये हैं सिख धर्म के संस्थापक गुरूनानक देव जी महाराज का पांच सौ इक्यावनवां प्रकाशोत्सव पटनासिटी स्थित तख्त श्रीहरिमंदिर साहिब में शुरू हो गया है पंज प्यारों के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली गई तख्त साहिब में अड़तालीस घंटे का अखंड पाठ शुरू हो गया है जो कल समाप्त होगा प्रकाशोत्सव का मुख्य समारोह कल मनाया जायेगा राजधानी पटना से सटे गौरीचक थाना क्षेत्र के बेलदारीचक मोड़ के पास आज सुबह बस और ऑटो की भीषण टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए हैं मुंगेर की जिलाधिकारी रचना पाटिल ने शहर की प्रमुख सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए सदर अनुमंडलाधिकारी खगेश चन्द्र झा को आदेश जारी किया है वहीं जिलाधिकारी के कड़े निर्देश के बाद जिले के मुंगेर तारापुर और खड़गपुर अनुमंडलों में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया गया नालंदा जिले में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत अनुसूचित जाति के एक हजार से अधिक लाभार्थियों को मुर्गी पालन रोजगार से जोड़ा जायेगा रेलवे ने कोरोना संक्रमण को देखते हुये जोगबनी से कटिहार के लिये विशेष ट्रेन के परिचालन पर फिलहाल रोक लगा दी है वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने आज पश्चिमी चंपारण में जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न स्टार्टअप का मुआयना किया